कल सावन के पहले सामेवार पर शिव मंदिरों में श्रद्दालुओं ने किया भगवान शिव की आराधना

बासमती चावल यूरिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर राज्य में पैदा होने वाले बासमती चावल को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलवाने का अनुरोध किया

फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कराई जाएंगी इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वाविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी

कोरोना किल प्रदेष में किल कोरोना अभियान के तहत लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है अभियान के तहत दो करोड़ से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया जा चुका है

इस अभियान में अन्य विभागों के कर्मचारियो के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं व जन प्रतिनिधियो का भी सहयोग लिया जा रहा है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक अनूठा तरीका अपनाया है इसके तहत ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बिना पाए जाने वाले नागरिकों को तीन दिन तक अस्पतालों और पुलिस चौकियों में स्वयंसेवकों के रूप में काम करना होगा उन पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा

वहीं नीमच जिले में कल कोरोना के तीन मरीज मिले हैं ये मरीज नीमच के विकास नगर विनोबा गंज तथा एक मरीज जावद से है नीमच में कल चालीस की रिपोर्ट में से सैतिस निगेटिव आई है

पॉजिटिव मरीज मिलने से कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं

वहीं शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने षिव अभिषेक किया और धार्मिक आयोजन किए गये कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थानों पर प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया गया कल से ही सावन का महीना भी शुरू हो गया है इस वर्ष यह अनूठा संयोग है कि सावन के महीने का समापन सोमवार को हो रहा है बैतुल के बालाजीपुरम मंदसौर के पश्पतिनाथ छतरपुर की खजुराहों में मतंगेश्वर खंडवा जिले के ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के साथ साथ देवास जिले के नेमावर में सिद्धनाथ महादेव मंदिर आगरमालवा के वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की उज्जैन में कल बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलें पहली बार सवारी महाकाल मंदिर से हरसिद्धि चौराहा होते हुए रामघाट पहुंची

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिये बिजली की अलग से दरें निर्धारित की गई हैं

मौसम प्रदेश में मानसून लगातार सकिय है

वहीं भोपाल और होशंगाबाद संभागों में भी कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई प्रदेश के शेष संभागों में छटपुट वर्षा हुई मौसम विभाग ने बताया है कि आज रीवा सागर शहडोल जबलपुर इन्दौर उज्जैन भोपाल और होशंगाबाद संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है अन्य संभागों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ सकती है राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बादल छाये हुए हैं और उमस के साथ लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है